समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र राज्य निर्वाचन आयुक्त पीएस मेहरा और मुख्य सचिव निरंजन आर्य के अलावा जिला निर्वाचन अधिकारी तथा अन्य लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शामिल हुए हैं कार्यक्रम में मतदाता शपथ दिलाई गई इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों को सम्मानित भी किया जा रहा है जालौर और सवाई माधोपुर जिलों में आयोजित हो रहे कार्यक्रमों में भी मतदाता शपथ दिलाई गई इधर भारत निर्वाचन आयोग की ओर आयोजित हुए राष्ट्रीय कार्यक्रम में ई वोटर आई कार्ड का शुभारंभ किया गया वहीं नागरिकों को चुनावी प्रक्रिया की जानकारी तथा चुनावों में उनकी सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से वेब रेडियो के अन्तर्गत रेडियो हैलो वोटर्स भी लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस एक ऐसा अवसर है जब लोकतांत्रिक ताने बाने को मजबूत बनाने और चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने में निर्वाचन आयोग के योगदान की सराहना की जानी चाहिए एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि आज के दिन मतदाताओं का पंजीकरण विशेषकर युवा मतदाताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने की भी आवश्यकता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज वीडियो कांफ्रेन्स के माध्यम से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत की इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति जुबीन ईरानी भी मौजूद रहीं

विभिन्न जिलों में होने वाले कार्यक्रमों में राज्य के मंत्री संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर ध्वजारोहण करेंगे राज्य स्तरीय समारोह जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित होगा इसे देखते हुए स्टेडियम की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता कर दिया गया है अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश ने बताया कि स्टेडियम और शहर के सभी प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था में सात हजार पुलिस कर्मी और अधिकारी तैनात किए गए हैं इसके साथ पुलिस कमिश्नरेट से आला अधिकारी लगातार सुरक्षा व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग कर रहे हैं

जयपुर मिलिट्री स्टेशन पर तनोट ब्रिगेड के कमांडर को यह मशाल सौंपी जाएगी यह मशाल मथुरा भरतपुर अलवर और हिसार से होते हुए जयपुर लाई जा रही है इस अवसर पर विजय दौड़ भी आयोजित होगी जिसमें विभिन्न सैन्य टुकड़ियां और सैनिकों के बच्चे तथा परिजन भाग लेंगे कल से पांच फरवरी तक स्वर्णिम विजय वर्ष कर्क उपलक्ष में पिलानी झुंझुनूं सीकर दौसा करौली और जयपुर में कई कार्यक्रम होंगे

स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक एक करोड़ तीन लाख से अधिक लोग इस संकमण से उबर चुके हैं

प्रदेश में कई स्थानों पर शीतलहर चलने से ठंड का असर फिर से तेज हो गया है मौसम विभाग के अनुसार माउंट आबू में एक बार फिर पारा जमाव बिन्दू से नीचे चार डिग्री सैल्सियस दर्ज किया गया

मौसम विभाग ने प्रदेश में उत्तरी हवाओं के प्रभाव के कारण बीकानेर और जयपुर संभाग के जिलों में आज से तीन दिन तक शीतलहर चलने की संभावना जताई है शेखावाटी क्षेत्र के इलाकों में पारा चार डिग्री सैल्सियस से नीचे जाएगा